राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ा जायेगा

जबकि सेनेटरी नेपकिन और राखी समेत छह उत्पादों को जीएसटी की दायरे से बाहर कर दिया है

उन्होंने कहा कि इस फैसले से सौ वस्तुएं प्रभावित होंगी

श्री गोयल ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को हर महीने जीएसटी जमा करना होगा लेकिन तिमाही रिटर्न भरनी होगी श्री गोयल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने छियालीस संशोधनों को मंजूरी दे दी है जो संसद में पारित किए जाएंगे

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को निर्वाध बिजली सप्लाई का आदेश दिया गया है इसके साथ ही अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि खराब और जले हुये ट्रांसफॉरमरों को अड़तालीस घंटों में बदलने की कार्रवाई की जा रही है

जबकि बिहार बोर्ड ने दो हजार चौदह और सोलह की कॉपियों को बेचने का निविदा निकाला था प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कॉपियों को पटना प्रलिस ने बरामद कर लिया है पटना पुलिस की विशेष टीम ने रामकृष्णा नगर में एक कबाड़ी की दुकान से कॉपियां बरामद की है पुलिस ने कबाड़ी के ठेकेदार राजकिशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है

जबकि हर प्रखण्ड मुख्यालय तक दूलेन सड़क बनायी जायेगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना में कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसको ध्यान में रखते हुये सड़कों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदियों पर पुल बना कर दो हिस्सों को जोड़ रही है ताकि आवागमन में आसानी हो श्री यादव ने कहा कि राज्य में बिजली की आपूर्ति में सुधार होने के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं

ऐसे मामलों की सुनवाई छह महीने में पूरी कर फैसला सुना दिया जायेगा ये अदालतें प्रति दिन सुनवाई करेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने विशेष अदालतों की स्थापना की कार्रवाई शुरू कर दी है राज्य सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लिया है

इसके माध्यम से यात्री यह जान सकेंगे कि ट्रेन अभी कहां है और स्टेशन पर कब पहुंचेगी इसके लिये रेलवे ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है इस नंबर पर संबंधित ट्रेन का नंबर भेजना होगा मैसेज भेजने के बाद दस सेकेंड के भीतर ट्रेन का लाइव अपडेट यात्री को मिल जायेगा

इसके साथ ही एएनएम का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाईन होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में कहा कि अगले दो महीनों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है

सभी जेलों में इग्नू की ओर से संचालित होने वाले कोर्स के लिये इसी माह नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी सरकार पढ़ने वाले कैदियों को किताब और कॉपी उपलब्ध करायेगी उप महानिरीक्षक कारा नीरज कुमार झा ने बताया कि सभी अंठावन अध्ययन केंद्रों में अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी

कार्यक्रम की यह छियालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार और सुझाव देने को कहा है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकार्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजा जा सकता है

इसके साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी आयी है मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रॉफ की धूरी वाराणसी और जमशेदपुर तक पहुंच गयी है उधर बंगाल की खाड़ी की ओर से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इससे आज और कल दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की रिथति है इससे गोपालगंज मोहनिया छपरा भभुआ और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है वहीं कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में चार डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गयी है हालांकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं शनिवार को राजधानी पटना का तापमान सैंतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज आसमान में बादल छाये रहेंगे राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में गरज के साथ बारिश हो सकती है

हिन्दुस्तान ने जीएसटी काउंसिल द्वारा तीसरी बार दरों में कटौती से जुड़ी खबरों का शीर्षक लगाया है बड़ी राहत फ्रिज टीवी समेत सौ उत्पादों पर जीएसटी घटा दैनिक जागरण का शीर्षक है टीवी व फ्रिज सहित अस्सी से अधिक वस्तु सेवायें सस्ती इस खबर का अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और वित्त मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीर भी छापी है अखबारों ने जीएसटी परिषद के निर्णयों और इसके प्रभाव को अलग अलग ग्राफिक्स के साथ भी सजाने का प्रयास भी किया है इसके लिये आंकड़ों का भी सहारा लिया गया है प्रभात खबर ने सारण जिले के मढ़ौरा में बन रहे रेल कारखाने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सीएजी ने डीजल लोकोमोटिव निर्माण पर उठाये सवाल इसी अखबार ने एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है केंद्र कर सकता है बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित दैनिक भारकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किये गये तंज को प्रमुखता से छापते हुये प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक बनाया है अविश्वास का कारण नहीं बताया पाये तो आकर मेरे गले पड़ गये राहल इसी अखबार में एक अन्य खबर का शीर्षक है आतंकियों ने छूट्टी पर आये कॉस्टेबल को घर से अगवा कर हत्या की राष्ट्रीय सहारा ने ट्रक हड़ताल से चार हजार करोड़ रूपये के नुकसान को अपनी सुर्खी बनाया है इसके अलावा अखबारों ने बिहार बोर्ड के झूठ पर भड़के कॉलेज छात्र परेशान जितेंद्र तोमर सहित नौ पर आरोप गठित टोल टैक्स मांगने पर कर्मी की हत्या शराब पीकर हुड़दंग किया तो दस वर्ष तक की कैद की खबरों को प्रमुखता दी है

राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ा जायेगा